मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश के केन्द्र में स्थित है इसलिए निकट भविष्य में लाजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा उन्होंने दावोस में विष्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दूसरे दिन लाजिस्टिक और भण्डारण क्षेत्र में सक्रिय निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी स्वागत क्षेत्र पर्यटन के नए क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा की निवेशकों ने श्री नाथ के नेतृत्व और द्रदृष्टि में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जल्दी ही आर्थिक ताकत के रूप में उभरेगा मुख्यमंत्री ने एचपी इंटरप्राइज डिवीजन के अध्यक्ष एवं सीईओ एंटोनियो नेरी से डाटा सेंटर स्थापित करके हार्डवेयर निर्माण और आईटी पार्क स्थापित करने से जुड़े विषयों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए सर्वाधिक अनुकूल वातावरण है क्योंकि शांति होने के साथ साथ यहाँ प्रतिभाशाली युवा आईटी प्रोफेशनल बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं विप्रो लिमिटेड के सीईओ अबीदाली नीमचवाला ने मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा इकाइयों और पार्क स्थापित करने की नई संभावनाओं पर चर्चा की

इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यतया यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था

रिकॉर्ड किये गए क्छ सुझाव कार्यक्रम का हिस्सा भी हो सकते हैं गणतंत्र झांकी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की झांकी भी प्रस्तुत की जायेगी इसमें राज्य के जनजातीय जीवन परंपरा कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया है झांकी के अगले हिस्से में गोंड जनजाति के रहन सहन को दिखाया गया है वहीं मध्य भाग में नर्मदा की उत्पत्ति की कथा को चित्रित किया गया है झांकी के अंतिम भाग में कोरकू जनजाति का रहन सहन प्रस्तुत किया गया है

प्रदेष के मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां ध्वजारोहण करेंगे कलेक्टर लोकेष कुमार जाटव ने कार्यक्रम स्थल पहंचकर तैयारियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी की विषय वस्तुओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की सड़क सुरक्षा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में जल्दी ही सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है एशियाई विकास बैंक भी इस कार्यक्रम में सहयोग करेगा इस संबंध में एशियाई विकास बैंक की सलाहकार समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान में सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की इस दौरान सड़क हादसों में मृत्यू दर को कम करने के लिए कारगर उपायो के बारे में जानकारी ली गई बैठक में बताया गया कि पशुओं के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए गॉवों में मार्ग मित्र बनाये गये हैं इसी तरह से एम्ब्लेंस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है

नर्मदा विकास प्रदेश के वित्तमंत्री तरूण भनोत ने नर्मदा नदी के घाटों का विकास और उनको सुंदर बनाने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है उन्होंने कल डिण्डोरी में जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि नर्मदा नदी के स्वरूप में बिना कोई बदलाव किये प्राकृतिक सुंदरता के साथ घाटों को विकसित किया जायेगा जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही श्री भनोत ने स्वच्छता और बेहतर सड़कों के निर्माण पर भी जोर दिया है बैठक में मौजूद एक अन्य मंत्री ओंमकार सिंह मरकाम ने डिण्डोरी जिले की प्रमुख फसल कोदो कटकी के विपणन के लिए विस्तृत योजना बनाये जाने की बात कही

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में उनको श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं कई जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाये जायेंगे इस मौके पर भोपाल के शहीद भवन में सुभाष की कहानी नाटक का मंचन होगा रेल कार्य कोटा बीना रेल लाइन में रखरखाव कार्य के चलते तीन ट्रेने दो महीने के लिए प्रभावित रहेंगी

वहीं ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस भोपाल से बीना के बीच चलेगी एक अन्य ट्रेन ग्वालियर बीना पेसेंजर बीना से गुना के बीच रद्द रहेगी इसके अलावा बीना नागदा यात्री ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से डेढ़ घंटे की देरी से चलेगी कवि सम्मेलन गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भोपाल के रविन्द्र भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जायेगा इसमें वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चकधर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से अलंकृत किया जायेगा कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि शामिल होंगे मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए हैं वहीं कई स्थानों पर ब्रंदाबांदी हुई है सिवनी में कल शाम से तेज बारिश हुई वहीं कई स्थानों पर ओले भी गिरे जिससे फसलों को नुकसान पहॅचा है मंडला जिले में तेज आंधी के साथ रात को बारिश हुई जो रूक रूक कर सुबह तक जारी रही मौसम विभाग ने रीवा सागर शहडोल भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में कल घना कोहरा छाने की संभावना जताई है